पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया प्रदेश सरकार गौशाला खोलने के इच्छुक लोगों को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार देगी गुजरात के चकवाती तूफान वायु का प्रदेश में भी असर कई जिलों में हई बारिश शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाये जाने के तरीकों पर बातचीत की

दो दिन के इस सम्मेलन में भारत चीन पाकिस्तान और रूस सहित आठ सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुददों क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है यह संगठन सदस्य देशों का आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समूह है शिवराज जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी सदस्यता अभियान का संयोजक बनाया गया है पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई पदाधिकारियों की बैठक में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बावजूद पार्टी को शिखर पर पहुंचना बाकी है इसके लिए नये क्षेत्रों के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गो में पार्टी का आधार बढ़ाना होगा बैठक के बाद पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान छह जुलाई से शुरू होगा

शहीद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल हुए आतंकी हमले में शहीद जवान संदीप यादव का पार्थिव शरीर आज भोपाल लाया जा रहा है शुक्रवार को देवास जिले में उनके गृहग्राम कुलाला में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद संदीप यादव के परिवार के प्रति शोक संवदेनाएं व्यक्त की है उन्होंने शहीद परिवार को सरकार की ओर से एक करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार शहीद परिवार को मकान और एक सदस्य को नौकरी भी देगी किसान सम्मान निधि प्रदेश के लगभग अस्सी लाख किसान परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे इस योजना में पात्र किसानों के खातों में प्रतिवर्ष तीन किश्तों में दो दो हजार रुपये की राशि केन्द्र सरकार की ओर से दी जायेगी

राज्य शासन ने पटवारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे पात्र कृषक परिवारों की सूची तैयार कर ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत करें जिन परिवारों का नाम अब तक इस योजना के तहत सूची में शामिल नही हो सका है वे पटवारी ग्रामसभा तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं गौशाला प्रदेश में गौशाला खोलने के इच्छुक लोगों को शासकीय भूमि के उपयोग का अधिकार दिया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण में गर्ति लाई जाये और समयसीमा में यह काम पूरा किया जाये मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत बताई और कहा कि इसके लिए इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाना चाहिये इस बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नौ सौ पचपन गौशालाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है और छह सौ चौदह गौशालायें पहले से ही संचालित की जा रही हैं इनमें एक लाख साठ हजार गौ वंश का भरण पोषण किया जा रहा है बैठक में पशुपालन मंत्री लाखन सिंह मुख्य सचिव एस आर मोहंती अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद थे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी कलेक्टर ने कहा कि वर्षा पूर्व जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका समुचित प्रबंध किया जायेगा विद्युत समीक्षा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह कल भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली आपूर्ति की समीक्षा करेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोपहर दो बजे से होने वाली इस बैठक में विद्यत वितरण कंपनी मध्य क्षेत्र के सभी महाप्रबंधक और उपमहाप्रबंधक भाग लेंगे बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री शाम सोढ़े छह बजे से सात बजे तक उपभोक्ताओं से भी बातचीत करेंगे ई केन्द्र विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ई दक्ष केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं इन केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उन्हें दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता है

प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी ई दक्ष पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है खेत तालाब प्रदेष सरकार ने खेत तालाब और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बनाने के लिए नक्शा और अन्य प्रकिया को ऑनलाइन कर दिया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्यर पटेल ने बताया कि इसे ऑनलाइन किए जाने से सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए अब सिक्यूर साफ्टवेयर लागू किया गया है इसमें खेतों में जल सरंक्षण के लिए बनाए जाने वाले खेत तालाब की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है

पन्ना टाइगर रिजर्व सूत्रों के अनुसार यहां पर बाघों की मौजूदगी को देखते हुये पार्क प्रबन्धन ने पर्यटकों के भ्रमण पर रोक लगा दी है

मौसम ग्रजरात में चकवाती तूफान वायू का असर मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है इसके चलते मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं प्रदेश के ग्वालियर शिवपुरी और श्योपुर सहित कई स्थानों पर तेज बौछारों से आज गर्मी से कुछ राहत मिली है मानसून पूर्व गतिविधियों के बावजूद प्रदेश के दमोह छतरपुर रीवा सतना शहडोल उमरिया में आज तेज लू चली प्रदेश में सर्वाधिक तापमान दमोह रायसेन और राजगढ़ जिलों में छियालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

वहीं होशंगाबाद बैतूल दमोह मण्डला और रायसेन जिलों में तेज लू चलने तथा ग्वालियर चंबल संभाग सहित नौ शहरों मे धूलभरी आंधी और बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है

इस राशि को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है